पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर

प्रदेश में बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक कम से कम चौरासी लोगों की मौत हुई है हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है प्रभावितों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इधर पटना में पुनपुन नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण तटबंधों की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है नदी का जलस्तर खतरे के निशान से तीन मीटर से अधिक ऊपर चला गया है जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका जतायी गयी है मुख्य बांध अभी पूरी तरह सूरक्षित है लेकिन रिंग बांध से कई जगह पानी का बहाव हो रहा है संभावित खतरे से निपटने के लिये पुनपुन और धनरूआ में एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गयी है अधिकारियों को जलस्तर के निरीक्षण और बचाव तथा राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं इधर पटना गया रेल लाईन पर पुनपुन और परसा बाजार के बीच स्थित रेल पूल संख्या इक्कीस पर बाढ़ का पानी आ गया है जिस कारण ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है वहीं द्रसरी तरफ नालंदा जिले के बिहारशरीफ और वेना के बीच इमली बिगहा हॉल्ट के पास रेल पुल संख्या तिरपन पर बाढ़ का पानी आ जाने से बख्तियारपुर राजगीर रेलमार्ग पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ से पंद्रह जिलों के बानवे प्रखंडों के पांच सौ पांच पंचायतों की लगभग साढ़े इक्कीस लाख की आबादी प्रभावित है इन क्षेत्रों में पैंतालीस राहत शिविर और तीन सौ चौबीस सामूदायिक रसोई घरों का संचालन किया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तेईस टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं गंगा सोन पुनपुन ब्रुढ़ी गंडक बागमती कोसी और महानंदा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी बक्सर को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर लाल निशान से ऊपर है हालांकि जलस्तर की प्रवृत्ति स्थिर बनी हुई है वहीं सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर में खतरे के निशान से छियालीस सेंटीमीटर ऊपर है वहीं बूढ़ी गंडक खगड़िया में बागमती रून्नीसैदपुर में और अधवारा समूह की नदियां दरभंगा के कमतौल में लाल निशान से ऊपर है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से लगभग डेढ़ मीटर ऊपर चला गया है वहीं महानंदा नदी कटिहार के झावा में और परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राजधानी पटना के जल जमाव वाले कई क्षेत्रों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है राजेन्द्र नगर बाजार समिति सैदपुर संदलपुर कदमकुंआ पाटिलपुत्र और गोला रोड में अब भी भीषण जल जमाव है कंकड़बाग के कुछ इलाकों में जल जमाव में कमी आयी है हालांकि स्थिति अब भी सामान्य नहीं है आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार शहर में जल भराव वाले क्षेत्रों में एनडीआरएफ की छह और एसडीआरएफ की दो टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं अब तक लगभग एक लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है अभी भी लगभग दो लाख की आबादी जल जमाव वाले क्षेत्रों में फंसी हुई है छत्तीसगढ़ से लायी गयी उच्च क्षमता वाली संप मशीनों के माध्यम से पानी निकालने का काम जारी है साफ सफाई फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के लिये पटना नगर निगम ने पचहत्तर टीमों को लगाया है इन टीमों के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हैं जो लोगों के बीच जीवन रक्षक दवा और हैलोजन टेबलेट का वितरण कर रहे हैं जिन इलाकों में अभी तक बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है वहां बिजली आपूर्ति शुरू करने के प्रयास किये जा रहे हैं कंकड़बाग और हनुमान नगर के साथ साथ राजेन्द्र नगर के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गयी है लोगों के पलायन को देखते हुए जल जमाव वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गयी है और पुलिस मोटरबोट के माध्यम से लगातार गश्त लगा रही है इधर नागरिक सुविधाओं से वंचित जल जमाव वाले कई हिस्सों में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया पटना में भारी बारिश का खतरा टल गया है मौसम विभाग ने कहा है कि कम दबाव के क्षेत्र के कारण अभी भी वैशाली समस्तीपुर बेगूसराय और खगड़िया जिले में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है वहीं प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है इधर नालंदा और अरवल जिले के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन घंटों के दौरान तेज बारिश और वजपात की चेतावनी जारी की गयी है पटना में जल जमाव के बाद डेंगू मलेरिया चिकुनगुनिया और जापानी इंसेफ्लाईटिस के मामलों में काफी तेजी आयी है पीएमसीएच में आज अंठावन मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई पटना में अब तक चार सौ से अधिक मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो च्रकी है वहीं मलेरिया चिक्नग्निया और जापानी इंसेफ्लाईटिस के भी कई मामले आए हैं पटना के कंकड़बाग राजेन्द्र नगर सैदपुर और कदमकुंआ इलाकों में डेंगू का प्रकोप अधिक देखा जा रहा है प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चूनाव के लिये एनडीए की ओर से सतीश चंद्र दूबे एनडीए के उम्मीदवार होंगे

श्री दूबे वाल्मिकीनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं इस बार यह सीट जदयू के खाते में चली गयी थी जाने माने अधिवक्ता राम जेठमलानी के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव हो रहा है राज्य की विधानसभा की पांच और समस्तीपूर लोकसभा सीट पर इक्कीस अक्टूबर को होने वाले उप चुनाव के लिये नामांकन वापस लेने की समय सीमा आज समाप्त हो गयी समस्तीपूर लोकसभा सीट पर कूल आठ प्रत्याशी चूनावी मैदान में रह गये हैं आज नामांकन वापसी के अंतिम दिन किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया वहीं विधानसभा की पांच सीटों के लिये उप चुनाव में तैंतालीस उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गये हैं नाथनगर विधानसभा सीट पर चौदह दरौंदा में ग्यारह और किशनगंज सीट पर आठ प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं वहीं सिमरी बख्तियारपुर सीट से छह और बेलहर सीट से चार प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गये हैं वित्त मंत्रालय के निर्देश पर शेखपुरा में आज से तीन दिवसीय बैंक ग्राहक मेला का आयोजन किया जा रहा है मेले में सभी सरकारी और निजी बैंक के साथ साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और नाबार्ड हिस्सा ले रही हैं मेले के प्रथम दिन आज एक सौ बानवे लोगों के बीच चार करोड़ अड़सठ लाख रूपये का वितरण किया गया समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी स्थित एक पेट्रोल पंप से अपराधियों ने दस लाख रूपये लूट लिये पूलिस ने बताया कि हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया वहीं वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से तीन लाख रुपये लूट लिये इधर बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के राजावर में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक की हत्या कर पांच लाख चालीस हजार रूपये लूट लिये दूसरी तरफ पूर्णियां जिले के खजांची हाट थाना क्षेत्र अंतर्गत फोर्ड कंपनी चौक के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति से तीन लाख रूपये लूट लिये बिहार लोक सेवा आयोग ने पैंसठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है परीक्षा पंद्रह अक्टूबर को राज्य के सात सौ अठारह केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट बीपीएससी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन से पांच से तेरह अक्टूबर के बीच प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल में वैष्णो देवी जाने के लिये सहरसा से कटरा के बीच आस्था सर्किट विशेष ट्रेन चलायी जायेगी आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि यह ट्रेन पंद्रह अक्टूबर से सहरसा से कटरा के लिये रवाना होगी किशनगंज जिले की एक अदालत ने सामूहिक दूष्कर्म के एक मामले में सात दोषियों को उम्रकैद और पचास पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है यह मामला इसी वर्ष फरवरी माह का है और अब अंत में मूख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई

पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी खतरे के निशान से तीन मीटर ऊपर